प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वैज्ञानिकों से अपील की है कि वे सस्ता इलाज आवास साफ सुथरी हवा पानी व ऊर्जा कृषि उत्पादन और साथ प्रसंस्करण से सम्बधित समस्याओं के समाधान के लिये काम करें

पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहाद्र शास्त्री व श्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हये श्री मोदी ने कहा कि शास्त्री जी ने हमे जय जवान जय किसान का नारा दिया और अटली जी ने इसमे जय विज्ञान को जोड़ा उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि अब इसमें एक कदम आगे बढ़ते हये जय अन्संधान भी जोड़ा जाए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि विस्तृत ज्ञान के भंडार पैदा करके इसका इस्तेमाल लोगों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिये करके विज्ञान के मकसद को पूरा किया जा सकता है उन्होंने कहा कि शोध को प्रोत्साहित और स्टार्ट अप व नवोन्मेष पर केन्द्रीय होने की जरूरत है

केन्द्रीय मंत्री मंडल ने विजया बैंक व देना बैंक के बैंक आफ बड़ौदा मे विलय को मंजूरी दे दी है

ये योजना इस वर्ष पहली अप्रैल से लाग् होगी तीन बैंको के कर्मचारियों दवारा दी जाने वाली सेवाएं उनकी वेतन व भत्ते पहले के समान ही रहेगे

इससे केन्द्र व राज्य स्तर मज़दूर संघों को मान्यता देने का काम आसान हो जायेगा श्रम एवं रोज़गार संतोष क्मार गंगवार ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि प्रस्ताविक विधेयक सरकार द्वारा गठित त्रिपक्षीय निकायों में कामगारों के नामांकन में औ अधिक पारदर्शिता स्निश्चित करेगा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह सिंह ह्डडा व मोती लाल वोहरा को ऐ जे एल राष्ट्रीय हेराल्ड भूमि आंवटन मामले में सीबीआड् की अदालत से आज ज़मानत मिल गई

मामले की अगली सुनवाई अब छ फरवरी हो होगी पंजाब और हरियाणा में आज न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहा

उधर नारनौल और करनाल मे चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया भिवानी से हमारे संवाददाता ने बताया हे कि आज सुबह पूरा शहर कोहरे की चादर में लिपटा रहा दृश्यता इतनी कम थी कि हाथ को हाथ नज़र नहीं आ रहा था स्बह पांच बजे भिवानी में तापमान तीन दशमलव डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया रेलगाडियों का आवागमन भी गहरे कोहरे के चलते प्रभावित हआ

हरियाणा प्लिस दवारा जनता के सम्मान को बनाए रखने के लिए प्रदेश में ऑपरेशन श्रीमान की शुरूआत करने का निर्णय लिया गया है जिसके तहत प्लिसकर्मी विभिन्न डयूटी के दौरान नागरिकों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हए शिष्टाचार का पालन करेंगे प्लिस महानिदेशक डीजीपी श्री बीएस संध् ने सभी रेंज एडीजीपी आईजी प्लिस आय्क्तों और जिला प्लिस अधीक्षकों को पुलिस मुख्यालय में की गई एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए इस संबंध में निर्देश जारी किए

शहर के गुरूदवारा शीशगंज साहिब में माथा टेकने के बाद छात्राएं हाथों में पतिकाएं लेकर मीरी पीरी चौक से समरसता का संदेश देते हुए स्पाटू रोड से ग्रूदवारा मंजी साहिब पहुंची यहां मंजी साहिब ग्रूदवारा प्रंबन्धक कमेटी के पदाधिकारियों ने भी यात्रा का स्वागत किया इस मौके पर इंडियन मीडिया सेंटर हरियाणा के प्रदेश महासचिव नरेन्द्र सिंह ने बताया कि इस समरसता संदेश यात्रा को आज पंचक्ला स्थित मनसा देवी मंन्दिर से स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने झंडी दिखाकर रवाना किया यात्रा में शामिल छात्राओं ने संदेश दिया कि लोग राजनीति से ऊपर उठकर हम सब आपसी भाईचारे को बनाएं रखें

यमुनानगर जिले के ऐतिहासिक गांव टोपरा कला में पाच जनवरी को राज्य सभा सांसद सुभाष चंद्रा देश के सबसे ऊंचे अशोक चक्र का उदघाटन् करेंगे

इसी स्थान पर अब देश का सबसे बड़ा चक्र स्थापित किया जा रहा है